नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों को ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए वित्तमंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा और कार्यकुशलता बढ़ाने का एजेंडा जारी किया इसका उद्देश्य आकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट और प्रौद्योगिकी सक्षम बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना है ब्लड बैंक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अब मुफ्त में खून उपलब्ध कराया जायेगा

इसमें चम्पावत उत्तराखंड के स्वामी शुद्धिदानंद जी अद्दैत वेदांत दर्शन जीवन चर्या में अद्दैत विषय पर व्याख्यान देंगे इसके साथ ही रतिकांत महापात्रा भुवनेश्वर द्वारा आचार्य शंकर विरचित स्रोतों का गायन और ओडिसी समूह नृत्य होगा

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे इसका शुभारंभ करेंगे पहली शाम अप्पानाथ के मांगडियार गायन और कालबेलिया नृत्य के साथ होगी इसके अलावा लावणी नृत्य कबीर गायन बघेली लोक गायन और भक्ति संगीत की प्रस्तुति होगी वहीं कल गायिका ऋचा शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगी अंतिम दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा

इस समूह की कई शुगरमिल हैं